कोरोना जागरुकता केन्द्र सरकार सर्दी के मौसम में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर कल से व्यापक जागरूकता अभियान चलायेगी केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया इस अभियान के तहत हवाई अड्डों बाजारों स्कूलों कालेजों मेट्रो स्टेशनों सार्वजनिक कार्यालयों आदि पर बैनर पोस्टर और स्टीकर लगाये जायेंगे इनमें कोरोना से बचाव के इन तीनों मंत्रों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जायेगा उन्होंने कहा कि साथ ही सोशल मीडिया पर भी अलग से जागरूकता अभियान चलाया जायेगा उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि अभी कोरोना वायरस के संक्रमण के उपचार के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं की जा सकी है और न ही इसके उपचार के लिए कोई अन्य प्रभावी दवा है इसलिए इसकी रोकथाम का सबसे उत्तम उपाय बचाव ही है

देवास जिले की हाटपीपल्या में मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता शपथ और नैतिक मतदान की अपील की जाएगी इसके लिए शासन के निर्देशों का पालन करते हुए पोस्टर पेम्पलेट फ्लेक्स जैसे माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाएगा मतदान जागरूकता के लिए ऑनलाइन पोस्टर संदेश चित्रकला व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा फोन पर मतदाता जागरूकता संबंधित रिंगटोन एवं डायलटोन संदेश प्रसारित किए जाएंगे

वहीं रायसेन जिले के सॉची में विधानसभा उप चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बनाया गया है नामांकन पत्र रायसेन एसडीएम कार्यालय में जमा किए जाएंगे जावड़ेकर पत्रकारिता केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से आग्रह किया है कि वह टीआरपी आधारित पत्रकारिता के जाल में न फंसे दिवंगत माणिक चन्द्र वाजपेयी की जन्मशती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार देश में प्रेस की आजादी बनाए रखने के लिए पूरी तरह दृढ़ प्रतिज्ञ है उन्होंने मीडिया से कहा कि वह आत्म नियंत्रण की व्यवस्था को पालन करें और भड़काऊ समाचारों के प्रचार प्रसार से बचे ताकि समाज में शांति और सौहार्द्र न बिगड़े

इस अस्पताल का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तथा राज्य शासन के सहयोग से किया गया है वर्तमान में इस अस्पताल में कार्डियोंलाजी कार्डियो वस्कूलर थोरेसिक सर्जरी न्यूरालाजी न्यूरो सर्जरी एनेस्थीसिया तथा रेडियो डायग्नोसिस विभाग संचालित हैं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं

कोरोना के खिलाफ लडाई के लिये राज्य पूरी तरह से तैयार है

वहीं राजधानी भोपाल में दो सौ बान्नवे नये मामले सामने आये हैं

वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है

इस अवसर पर केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के जीवनस्तर को ऊॅचा उठाया वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि श्री मोदी ने पिछले दो दशकों के दौरान चुनौतियों पर केवल विजय प्राप्त नहीं की बल्कि उसे अवसर में परिवर्तित करने का अद्भुत कार्य किया है

इस अवसर पर वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि वन्यप्राणियों के प्रति संवेदनशीलता और दया भावना का जज्बा बढ़ाने से ही वन्यजीवन को सुरक्षित करने के साथ पर्यावरण का समूचित संवर्द्वन कर पायेंगे

सभी जोन महाप्रबंधकों से इन ट्रेनों का परिचालन जल्द शुरू करने के कहा गया है

मौसम प्रदेश में उत्तरी हवाओं का असर दिखने लगा है इसके चलते रात के तापमान में लगातार गिरावट हुयी है राजधानी भोपाल तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में भी रात के समय हल्की ठंड का असर देखने का मिल रहा है

सतना शहीद कश्मीर में सोमवार को आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी को आज राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव सतना जिले के पड़िया में अंतिम विदाई दी गई इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांसद गणेश सिंह सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए

इस दौरान उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों को शीघ्रता से निपटाने के निर्देश दिए